देश को आंदोलनकारियों और आंदोलनजीवियों के बीच फर्क को समझना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली गये

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन कानूनों से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें अपनी उपज बेचने की आजादी मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि नये कृषि कानून आने से न तो एमएसपी हटाया गया है न ही कोई मंडी बंद हुई है श्री मोदी ने कहा कि किसानों को इन कानूनों के नाम पर ग्रमराह किया जा रहा है उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को कुछ लोग गलत दिशा दे रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आंदोलनकारियों और आंदोलनजीवियों के अंतर को समझना होगा उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह राजनीतिक फायदे के लिये कृषि सुधार कानूनों के बारे में झूठी बातें फैला रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उन्हें कृषि सुधारों से ही हल किया जा सकता है इसी दिशा में एनडीए सरकार ने ईमानदारी भरा प्रयास किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान उत्पादन संगठनों एफपीओ के गठन से खेती को नई दिशा मिली है कई राज्य अच्छा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोविड काल में देश महामारी से जूझते हुए कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनकर उभरा है प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव और शहर के बीच की खाई को दूर करना है तो आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की स्फूर्ति योजना के तहत किसानों का यह सपना प्रा होगा

खेती किसानी करने वाले पांच सौ किसान अब स्फूर्ति योजना का लाभ लेकर उद्यमी बनेंगे सकरी सरैया में स्थापित होने वाली ईकाई में चौदह प्रकार के उत्पाद तैयार होंगे यहां तैयार खाने पीने की चीजों को प्रदेश से बाहर और रेलवे स्टेशन परिसरों में बिक्री की जायेगी किसानों द्वारा स्थापित होने वाली इस ईकाई पर पांच करोड से अधिक की लागत आयेगी और इस यूनिट मे लीची आम बेल और जामुन के जूस के अलावा चिप्स भी तैयार किये जायेंगे केंद्र सरकार ने पारंपरिक उद्योगों को शुरु करने और उनके उत्थान के लिए खादी और ग्रामोद्योग विकास संगठन को नोडल एजेंसी बनाया है जो यह योजना लागू करती है

उम्मीद है कि राज्य में यह योजना अन्य किसान संगठनों स्वयं सेवी संगठनों को भी प्रेरित करेगी आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक देश में अब तक छियासठ लाख ग्यारह हजार लोगों को कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन लाख बावन हजार लोगों का टीकाकरण किया गया इस बीच देश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान तेरह हजार से अधिक और लोगों के स्वस्थ होने के बाद कोविड से स्वस्थ होने की दर बढकर संतानवे दशमलव दो सात प्रतिशत हो गई है मंत्रालय ने बताया कि एक करोड पांच लाख से भी अधिक कोरोना संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख इकतालीस हजार पांच सौ ग्यारह रह गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना के ग्यारह हजार सड़सठ नये मामले सामने आए और इसके साथ ही देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या एक करोड आठ लाख से अधिक हो गई है

प्रदेश में अब तक चार लाख चौदह हजार सात सौ छियानवे लोगों को कोविड के टीके दिये जा चूके हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक तीन लाख अठासी हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और छब्बीस हजार से अधिक फ्रंट लाईन वर्कर को कोविड के टीके लगाये गये हैं राज्य में किसी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है इधर दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह ने आज दरभंगा में कोविड का टीका लगवाया श्री शाह ने कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सरमन सिंह ने लोगों से अपनी बारी आने पर कोविड का टीका जरूर लेने कहा है

अब तक दो लाख उनसठ हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर सात सौ छप्पन हो गयी है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कई नवनियुक्त मंत्रियों ने आज अपने कार्यभार ग्रहण कर लिये हैं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद कहा कि बेहतर काम करना और जनता की भरोसा जीतने की कोशिश उनकी पहली प्राथमिकता होगी श्री कुमार ने कहा कि सात निश्चय अभियान के दूसरे चरण को तेजी से कार्यान्वित किया जायेगा उद्योग मंत्री शाहनवाज हसैन खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन खान और भूतत्व मंत्री जनक राम और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिये हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं श्री कुमार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे पिछले वर्ष नवम्बर में नई सरकार के गठन के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात होगी होमगार्ड जवानों के आश्रितों को अब अन्कंपा पर नौकरी मिलेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई ड्यूटी के दौरान मृत या दूर्घटना में स्थाई रूप से अपंग होने वाले होमगार्ड जवानों के आश्रितों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू किये गये प्रावधानों के अनुसार लाभ मिलेगा आश्रितों की श्रेणी में पहले पत्नी उसके बाद बेटा और बाद में अन्य को रखा गया है मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में चक्रवात के प्रभाव से कुछ स्थानों पर रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है मौसम वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि उत्तर बिहार के क्षेत्रों में रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी

वहीं गया का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रहा देश में रसोई गैस के एक करोड़ आठ लाख उपभोक्ताओं ने इस वर्ष पहली फरवरी तक अपनी सब्सिडी छोड़ दी है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज इस बारे में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों में दो हजार पच्चीस से पहले पचास प्रतिशत कमी लाने के लिए सभी संबंधित पक्षों से हरसंभव प्रयास करने की अपील की है वे अंतर्राष्ट्रीय सड़क संगठन की भारतीय शाखा की ओर से भारत में सड़क सुरक्षा की चुनौतियां और कार्ययोजना की तैयारी विषय पर आयोजित वेबिनार श्रृंखला के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे केन्द्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार सुजन के लिए आत्मनिर्भर योजना के तहत सत्ताईस लाख करोड रूपये का पैकेज दिया गया है आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि देश में चालीस करोड असंगठित श्रमिक और दस करोड संगठित श्रमिक हैं उन्होंने बताया कि कोविड के दौरान असंगठित क्षेत्रों से सम्बद्ध एक करोड श्रमिक अपने राज्यों में चले गए जबकि उनमें से कई वापस लौट आए हैं साउंड बाईट देश के अंदर दूसरे राज्यों से अपने गृह राज्यों में आने का काम करीब एक करोड़ मजदूरों ने किया है पर इसमें अधिकांश वापस भी लौट गए

इनको हम कैसे पॉजिटिव दिशा में ले जाने का काम करें सही ढंग से अवसर मिले कि इनको एक स्थायी नौकरी मिल सके बरौनी खेल गांव में चल रही यमुना भगत मेमोरियल राज्य स्तरीय महिला फूटबॉल प्रतियोगिता का द्रसरा सेमीफाईनल आज मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के बीच खेला गया कांटे की टक्कर में मेजबान बेगूसराय की टीम ने एक गोल से मुजफ्फरपुर को पराजित कर दिया राज्य स्तरीय समारोह में कल शेखपुरा के टाईक्वांडों के तीन खिलाड़ियों वैष्णवी कुमारी खुशबु कुमारी और निखिल कुमार को सम्मानित किया जायेगा

जाने माने शिक्षाविद अख्तर हुसैन आफताब का आज पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वे छियासी वर्ष के थे उन्होंने कौमी एकता पर केन्द्रित कई प्रस्तकें लिखी हैं अख्तर हुसैन आफताब के निधन पर शिक्षा जगत से जुड़े कई गणमान्य लोगों ने गहरा दुःख जताया है खगड़िया पुलिस ने कुख्यात अपराधी राकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है उसके पास से एक देशी पिस्तौल और ग्यारह कारतूस जब्त किये गये हैं पश्चिमी चंपारण जिले के मंझौलिया प्रखंड अंतर्गत बैठनिया भाना पंचायत के वार्ड संख्या आठ में अगलगी की घटना में दर्जनों घर और उसमें रखे सामान जलकर राख हो गये हैं हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं हैं

देश को आंदोलनकारियों और आंदोलनजीवियों के बीच फर्क को समझना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली गये